न्यायाधीश संगीत लोढा ने आज इस मामले में फैसला सुनाया गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए इस मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था और कई जनहित याचिकाए दायर की गई थी ईरान में फंसे लगभग ढाई सौ भारतीय नागरिकों को आज विमान के जरिये जैसलमेर के सैन्य क्षेत्र स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में लाया जाएगा केन्द्र सरकार कोरोना वायरस संकमण को रोकने के लिए तमाम प्रभावी कदम उठा रही है इसी के तहत मलेशिया में क्वालालम्पुर हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए एयर एशिया की दो उडानों की मंजूरी दी गई है

सचिवों की तैनाती राज्यों में की जाएगी और ये राज्यों के अधिकारियो के साथ संक्रमण से निपटने की तैयारियों और उपायों के लिए समन्वय स्थापित करेंगे वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है

इस बीच उत्तर पश्चिम मध्य और पश्चिम रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ भाड़ रोकने के लिए प्लेटफार्म टिकट के दाम में बढ़ोतरी कर दी है राज्य में भी कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श में कहा गया है कि सभी प्रवेश द्वारों या स्वागत कक्षों में हाथ साफ करने के लिए सेनिटाजर्स रखे जाने चाहिए फ्लू जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों को समुचित उपचार और क्वारैन्टीन का परामर्श दिया गया है जहां तक संभव हो बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जानी चाहिए

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पुछा है कि स्कूलों के बंद होने की स्थिति में बच्चों को मध्यान्ह भोजन किस तरह दिया जा रहा है केन्द्र ने सभी राज्यों को कोयले का आयात नहीं करने के लिए कहा है क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है

वहीं केन्द्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के हालात सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति को चुना है उनको नियमानुसार देय राशि का भुगतान किया जाएगा यस बैंक का कामकाज आज शाम से पूरी तरह सामान्य हो जाएगा बैंक के मनोनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार ने ग्राहकों को भरोसा दिया है कि नकदी के मामले में चिंता की कोई बात नहीं है और सभी बैंक शाखाओं और एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नकदी है उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि नकदी के लिए बाहरी स्त्रोतों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी

अजमेर जिले के रूपनगढ में आज सुबह कार और डम्पर के बीच हुई टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई ये सभी लोग कार में सवार थे और नागौर और चूरू के रहने वाले थे